उन्होंने आगाह किया कि यदि समय रहते इस दिशा में सघन प्रयास नहीं किये गये तो परिणाम भयावह होंगे

उन्होंने कहा कि आध्रनिक जीवन शैली में प्रकृति का चक्र बिगड़ रहा है इसे सुधारने के प्रयास आवश्यक हैं उन्होंने कहा कि जैव विविधता का संरक्षण और प्रकृति से जुड़ाव ही हमारी हजारों वर्ष की संस्कृति का आधार है यदि यह जुड़ाव खत्म हो गया तो हमारी गौरवशाली संस्कृति भी खतरे में आ जाएगी

श्री निशंक ने विद्यार्थियों से परिसर में शांति और विश्वविद्यालय की गरिमा बनाये रखने की अपील की है

इन सभी को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया है भाजपा जनसंपर्क भारतीय जनता पार्टी ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में कल से दस दिन का जनसम्पर्क अभियान शुरू किया कई केन्द्रीय मंत्री और भाजपा नेता विभिन्न भागों में घर घर जाकर इस अभियान का हिस्सा बन रहे है केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने मुरैना में जनसंपर्क अभियान प्रारंभ किया वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने भोपाल में घर घर जन जागरण हस्ताक्षर अभियान की शुरूआत की

इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति भिस्ड कॉल देकर नागरिकता संशोधन कानून के प्रति समर्थन दर्ज करा सकता है नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में इंदौर जिले में पहले दिन सांसद शंकर लालवानी ने मुस्लिम समाज के लोगों से मुलाकात कर समझाया कि ये कानून पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्भिक आधार पर अत्याचार सह रहे लोगों को नागरिकता देने का है इस कानून में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है

बाल संरक्षण सप्ताह इंदौर जिले में आज से बच्चों की सुरक्षा संरक्षण और अधिकारों के प्रति जनसमूदाय में जागरूकता पैदा करने के लिए बाल संरक्षण सप्ताह मनाया जायेगा

इस सप्ताह के अन्य दिनों में बच्चों से जुड़ी संस्थाओं की समीक्षा जागरूकता रैली बाल चौपाल बाल अधिकार संबंधी कक्षाओं के अलावा खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन होगा

वे कल इंदौर में जिला लोक अभियोजन अधिकारियों की तीन दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला के शुभारंभ समारोह को सम्बोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने अपराधियों को सजा दिलाने में महती भूमिका निभाने वाले जिला लोक अभियोजन अधिकारियों का सम्मान किया गृह मंत्री ने विटनेस हेल्प डेस्क पोर्टल का विमोचन भी किया तीन दिवसीय इस कार्यशाला में प्रदेश के सभी जिलों के जिला लोक अभियोजन अधिकारी भाग ले रहे हैं

परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी पीईबी के वेबसाइट पर आज अपलोड की जाएगी

मौसम तेज हवाओं और घने कोहरे के कारण प्रदेश में लोग दिनभर ठंड से जूझते रहे

मौसम विभाग ने आज ग्वालियर चंबल सागर और उज्जैन संभागों में कोहरा रहने और कई स्थानों पर शीतलहर चलने का अनुमान व्यक्त किया है किकेट भारत और श्रीलंका के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय द्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट मैच कल ग्वाहाटी में वर्षा से मैदान गीला होने के कारण बिना कोई गेंद डाले रद्द हो गया

वर्षा लगभग एक घंटे तक चली जिसके कारण मैदान समय पर तैयार नहीं हो पाया अम्पायरों ने कई बार पिच का निरीक्षण किया लेकिन उसमें पड़े गड़ढ़ों के कारण मैच आरंभ नहीं किया जा सका

जिला प्रशासन ने इस संबंध में दो माह तक अभियान चलाने का फैसला किया है